अनाज दालों तिलहन खाद्य तेलों और प्याज व आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्मक असर होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाकर नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए कहा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया जाए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक पांच हजार दो सौ सत्तावन मरीज स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ तिरासी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंज्री दी है कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज दालों तिलहन खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है उन्होंने बताया कि इस फैंसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी किसानों की यह मांग पवास साल से थी जो आज तक पूरी नहीं हुई थी आज यह पूरी हुई हैं निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं किसान कहीं मी चत्यादन बेच सकेगा ज्यादा दाम देने वालों को बेचने की आजादी मिली है किसानों को श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और किसानों को शीत भंडारण प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने उत्पादों की बेहतर कीमत नहीं मिल पाती क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता निरूत्साहित होती है मंत्रिमंडल ने क्रषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्षन और सुविघा अध्यादेश दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृ षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा किसानों की विपणन लागत घटायेगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता करेगा किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था भी की जायेगी मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं से संबंधित किसान सशक्तीकरण और संख्यण अध्यादेश दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है यह अध्यादेश किसानों को कृषि उपज का प्रसंस्करण करने वालों एग्रीगेटरों थोक विक्रेताओं बडे पैमाने पर खुदरा व्यापार करने वालों और निर्यातकों के साथ बिना किसी शोषण की आशंका के बराबरी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने में सक्षम बनाएगा इससे बाजार संबंधी अनिश्चितता का जोखिम किसानों की बजाय प्रायोजकों पर आ जाएगा और किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी और कृषि में काम आने वाली बेहतर सामग्री प्राप्त कर सकेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को पर्याप्त संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है किसानों की भूमि की ब्रिकी उसे पट्टे पर देने या गिरवी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और किसी भी तरह की वसूली के लिए किसानों की जमीन नहीं ली जा सकती विवादों के कारगर समाधान के लिए प्रणाली बनायी गई है और समयसीमा तय कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसलों से ग्रामीण भारत खासतौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा श्री मोदी ने कहा कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लम्बित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा और विवाद समाधान प्रणाली से विवादों के समाधान में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे मुख्यमंत्री ने अभियान चलाकर नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए खाद्यान्न वितरण में घटतौली या अन्य किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को तकनीक आधारित एक कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह में लागू करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए राशन कार्ड धारकों को तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने पर संतोष व्यक्त किया ज्ञात हो कि इससे पूर्व नए राशन कार्ड बनने पर कार्ड्यारकों को लगभग दो माह बाद राशन उपलब्ध हो पाता था मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता को आवश्यक बताया है उन्होंने कहा कि हर स्तर पर जरूरी सावधानी बरतते हुए बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि संक्रमण की संख्या न्यूनतम रखी जा सके प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक सौ इकतालीस नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की तादाद बढ़कर आठ हजार आठ सौ सत्तर हो गयी है इक्यासी रोगी बीमारी से ठीक हुए हैं जिसके बाद प्रदेश में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या पांच हजार सत्तावन हो गयी है ककल एक व्यक्ति की मुत्यू होने के बाद कोरोना वायरस से मुतकों की सौ संख्या दो सौ तीस पहंच गयी प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ तिरासी है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी कल दोपहर तीन बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड नाइन्टीन के सबसे ज्यादा उन्नीस मामले बुलंदशहर जिले में सामने आए हरदोई में सोलह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके अलावा जौनपुर में दस सिद्वार्थनगर में नौ आगरा अलीगढ़ में आठ आठ मेरठ गाजीपुर में सात सात लखनऊ मऊ एटा में चार चार गाजियाबाद रामपुर आजमगढ़ गोरखपुर प्रयागराज चित्रकूट फर्रुखाबाद में तीन तीन गौतमबुद्धनगर बिजनौर बहराइच गोण्डा महराजगंज बागपत औरैया में दो दो और कानपुर नगर फिरोजाबाद हापुड़ रायबरेली लखीमपुर खीरी फतेहपुर बलरामपुर उन्नाव हाथरस तथा मिर्जापुर में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है देश में कोविड महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर अड़तालीस प्रतिशत हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या एक लाख को पार कर गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार सात सौ छिहत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या एक लाख तीन सौ तीन हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान महामारी के आठ हजार नौ सौ नौ नए मामले सामने आए हैं जिससे देश में अब तक रोगियों की संख्या दो लाख सात हजार छः सौ पंद्रह हो गई है पिछले चौबीस घटों के दौरान दो सौ सत्रह मौत भी हुई हैं जिससे भारत में अब तक कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर पांच हजार आठ सौ पंद्रह हो गई है भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्युदर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है भारत ने लॉकडाउन काफी पहले शुरू कर दिया था उसको जो हम देखे असर तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में केसिस कम हुए है और वो अगर हम ये तॉकडाउन एग्रीसीक्ली छॉलो करें स्पेशली जो हॉटस्पॉट हैं उसमें हम यह देखे ें कि ये तॉकडाउन सोशल डिस्टेसिंग क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग उसमें भागीदारी करते हैं तो हमारे कंसिस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं आस पास तक फ्लैंटन होगा और केसिस कम होने शुरू होंगे मैं सारे नागरिकों को यहीं कहना चाहुंगा कि आप इसको एक मुहिम समझ के एक पेटोटिक मिशन समझ के सब लोग मिल जाएं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत वसुधैव कुट्म्बकम की भावना के साथ कोरोना संक्रमण के विरूद लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने कहा कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये विकास कार्यो को गति देने में लगे हुये हैं ताकि कृशल तथा अकुशल कामगारों की प्रतिभा और हुनर का उपयोग करते हुये हम उन्हें अधिक से अधिक उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम दे सकें और उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बना सकें श्री मौर्य ने कहा कि कोरोना के साथ साथ लोगों को काम दिलाना भी एक चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं उन्होंने वेबिनार के जरिये मेरठ के पत्रकारों से बात करते हये कहा कि पत्रकार भी कोरोना योद्वा हैं और हम उनका सम्मान कोरोना योद्वा की तरह ही करते हैं भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने विभिन्न उपलबियों का जिक्र किया और कहा यह कार्यकाल बड़े और कड़े फैसलों के लिये हमेशा याद किया जायेगा प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर गेहूं खरीद के मानकों में छूट देने का सरकार ने फैसला किया है खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि प्रदेश के बयालीस जिलों में यह छूट दी जायेगी उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश दिये गये हैं कि जिन किसानों का गेहूं अब तक मानक में न होने के कारण नहीं खरीदा जा सका था उनका भी गेहूं खरीदा जाये